मैच कल से खेलें जायेंगे

उन्होंने कहा कि मानव दवारा अनेक गतिविधियों के चलते और पर्यावरण में बाधा डालने के कारण ही मौसम में बदलाव और विपत्ति पैदा हुई है उन्होंने कहा कि जोखिम को कम करने में जो भारत ने प्रयास किए है उसे विश्व अनदेखा नहीं कर सकता

इन घरों का निर्माण मध्बन अंबाला भिवानी फरीदाबाद फतेहाबाद ग्ड़गांव हिसार झज्जर जींद कैथल क्रुक्षेत्र मानेसर महेंद्रगढ़ पलवल पंचकूला पानीपत रेवाड़ी सिरसा सोनीपत और यम्नानगर के प्लिस परिसर में किया जा रहा है

हरियाणा खादय एवं पृर्ति विभाग दवारा गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों के अलावा ओ पी एच परिवारों को भी गैस कनैक्शन म्हैया करवाने की योजना लागू की है

ये राशि स्रक्षा होज पाइप ब्ल् ब्क आदि के लिए ली जा रही है इससे चूल्हा व गैस की कीमत शामिल नहीं है इंडियन नैशनल लोकदल ने पहली दिसम्बर से अधिकार यात्रा श्रू करने की घोषणा की है नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला इनैलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोडा और बसवा प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती की अग्वाई में होने वाली हस यात्रा का पहला चरण पांच दिसम्बर तक चलेगा

उन्होंने बताया कि इनैलो इस यात्रा के माध्यम से एसवाईएल का निर्माण य्वाओं केा रोजगार शिक्षा की गुणवत्ता और अच्छी व सस्ती चिकित्सा स्विधायें किसानों की ऋण माफी व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट फसल बीमा के स्थान पर किसानों को खराब का उचित मुआवजा और जीएसटी की सरलीकरण और आढ़त में वृद्वि जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जायेगी

इस हादसे के कारण अम्बाला दिल्ली रेलमार्ग कई घंटे तक प्रभावित रहा अधिकतर रेलगाड़ियों को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया

जली हुई बोगी को अलग करके कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना कर दिया गया

दुर्घटना की सुचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहंच कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए खानप्रा पीजीआई भिजवा दिया सभी घायलों को भी खानप्रा पीजीआई भेजा गया है समाचार लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं होने पाई थी मिली जानकारी के अन्सार एक हादसा तब हआ जब एक ट्रक पंजाब के नवांशहर से आलू लेकर जयप्र की ओर जा रहा ट्रक चालक की लापरवाही से विपरीत दिशा से आ रहीर कार से टकरा गया और कार चालक की मौत हो गई दो कार सवार घायल हो गए ट्रक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया दूसरी दुर्घटन गांव मुंडलाना के पास ह्ई जिसमें गोहाना से पानीपत जा रही कार को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें गांव छतेरा निवासी सुनील की मौत हो गई उसके दो साथी घायल हो गये

इस कार्यक्रम में अभिनेता शाहरूख खां माध्री दीक्षित संगीत निदेशक ए आर रहमान के साथ साथ लगभग एक हजार कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे प्रतियोगिता कल से श्रू होगी

भारत को पूल सी में रखा गया है जिसमें बैल्जियम कनाडा़ और दक्षिणी अफ्रीका भी है दो बार के विजेता आस्ट्रेलिया ग्र्प बी में है और पाकिस्तान प्ल डी में है भारत का पहला मैच कल शाम सात बजे दक्षिणी अफ्रीका के साथ होगा भारत हाकी विश्व कप का तीसरी बार मेज़बानी कर रहा है केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों उपक्रमों एवं निगमों इत्यादि में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार दवारा गठित चंडीगढ़ नगर निगम कार्यान्वयन समिति ने न्यायिक अकादमी में आज अपनी दवितीय बैठक का आयोजन किया गया बैठक समिति अध्यक्ष उत्तर पश्चिम के प्रधान मुख्य आयकर आयक्त श्री विनय कुमार झा ने की

आज करनाल में पत्रकारों से बातचीत मे उन्होंने कहा कि चार पांच दिनों मे सभी कार्यकर्ताओं की राय लेकर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जायेगी